श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वक्तव्य देंगे और विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशंस्त हुआ है

प्रदेश में आज से गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक थ्री के दिशा निर्देश लागू हो गए हैं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

मेट्रो रेल सिनेमा हॉल तरणताल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार पर प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा अन्य गतिविधियों को कन्टेंटमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी रात में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है प्रदेश में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच आज भी जयपुर से चार्टर विमान से कांग्रेस के क्छ विधायक जैसलमेर के लिए रवाना हुए

वहीं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकारें बनेंगी जाएंगी पार्टियां आएंगी जाएंगी व्यक्ति भी आएंगे जाएंगे पर डेमोकेसी बचनी चाहिए अगर डेमोकेसी नहीं रहेगी तो मुल्क का क्या होगा

श्री मिश्र ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड का एक प्रभावी उपचार है

कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति को और मजबूत करता है और सबके दिलों में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है इधर आज अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा खोला गया इस बार कोरोना संक्रमण के कारण दरगाह में जायरीन के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण केवल पासधारी जायरीन ही जियारत कर रहे हैं इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों पर ही नमाज अदा कर कुर्बानी दी वहीं बांसवाड़ा कोटा उदयपुर सीकर झालावाड़ सवा दौसा और बीकानेर में भी ईद का पर्व मनाया जा रहा है